प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं उधर प्रदेश में कोरोना वायरस टीकाकरण के तीसरे चरण की आज से शुरूआत हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में तीसरे चरण के वैक्सिनेशन का निरीक्षण किया सिविल अस्पताल में आज दस बजे से साठ वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया अस्पताल में पैंतालीस वर्ष से ऊपर की उम्र के ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके जल्दी कोरोना की चपेट में आने का खतरा है राज्य टीकाकरण अधिकारी अजय घई ने कहा कि सरकार की ओर से टीकाकरण की तैयारी पूरी है पहले दिन सभी पचहत्तर जिलों में तीन तीन टीकाकरण केंद्रों पर सौ सौ लोगों को टीका लगाया गया इस तरह दो सौ पच्चीस केंद्रों पर पहले दिन बाईस हजार पांच सौ लोगों को टीका लगाया गया वर्ष दो हजार इक्कीस में साठ वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को भी वैक्सीन लगवाने की सुविघा दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक्कीसवीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्वि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है उन्होंने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वह देश के लिए अच्छा होता अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य सब्जी फल और मत्स्यपालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है इस वेबिनार में एग्रीकल्वर डेरी फिशरिज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं पब्लिक प्राइवेट और को ओपरेटिव सेक्टर के साथी भी है और देश के रूलर इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्मर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को स्टेक होल्डर्स हैं श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रदेश में कक्षा एक से पांचवी तक के सभी विद्यालय आज से खुल गए हैं कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष चौबीस मार्च से ही बंद थे हमारे संवाददाता ने बताया कि समी स्कूलों में स्वच्छता थर्मल स्कैनिंग मॉस्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है हंसते मुस्कूराते चेहरों के साथ बच्चे आज पूरे उमंग और उत्साह में अपने स्कूल पहुंचे जहां उनके स्वागत में लिखे हुए नारे टॉफियां और गुबारे और उनके साथ उनके अध्यापक स्कूल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे

सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया कबाओं को सैनिटाइज किया गया और स्टाफ अध्यापक तथा बच्चे मास्क से अपने चेहरे ढके हुए नजर आए बच्चों को यह भी समझाया गया कि उन्हें अपना टिफिन और दूसरे स्टेशनरी के सामान एक दूसरे के साथ अब रोयर नहीं करने हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ विधान परिषद में आज शुन्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया सरकार के जवाब से असंतृष्ट समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आज सदन से बहिर्गमन किया सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने सुचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार करते हुए सरकार से आवश्यक कार्यवाही के लिए संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने चंदौली के पड़ाव स्थित पं दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में पहंच कर पंडित जी को नमन किया यहां उन्होंने भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से पहले दीप जलाया साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कार्यक्रम उनके साथ केंद्रीय कौशल विकास मंत्री स्थानीय सांसद डॉ महेंद्र नाथ पांडेय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश के सह प्रभारी व प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सनील ओझा के अलावा सुबे की सरकार के राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल और चंदौली के विधायक गण के साथ ही पार्टी से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे